मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो इसके लिये जघन्य अपराधों में अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के पूरे प्रयास किये जायेंगे ऐसे अपराधों की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर एक विशेष सेल बनाई जायेगी जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलू खान मामले कीं जांच में कई खामियां रही है लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी श्री गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयन्ती पर जयपुर में दो दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इनोवेशन एक्सपो सूचना क्रांति स्टार्टअप संगोष्ठी और अन्य कार्यक्रम होंगे इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई जिसमें सभी विभागों के शासन सचिवों ने भाग लिया बैठक में सभी घोषणाओं को समय पर पुरा करने का लक्ष्य रखा गया

इसकी श्रूआत आज सुबह एक प्रदर्शनी के उदघाटन से होगी जिसका शुभारम्भ जयप्र के बिडला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे इसके बाद सूचना काँति एवं स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा और दोपहर में कौशल विकास पर एक संत्र का आयोजन होगा कल राजीव गांधी जयंती अक्षय उर्जा दिवस के रूप में मनाई जायेगी इस अवसर पर सुबह रामनिवास बाग से अक्षय उर्जा दौड का आयोजन होगा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तृष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण तीन तलाक की कुप्रथा लंबे समय तक जारी रही उन्होंने कहा कि इसे समाप्त करके एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि उसके हित में लिया है नई दिल्ली में तीन तलाक की समाप्ति विषय पर एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि यह कप्रथा इस्लाम के खिलाफ थी और कई इस्लामी देशों ने पहले ही इसे समाप्त कर दिया था गृहमंत्री ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त करके एनडीए सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को संशक्त बनाया है और उन्हें समानता का अधिकार दिया है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी तो भारत कश्मीर के उन हिस्सों पर बात करेगा जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है

भारत पाक सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर खूफिया एजेंसियों ने गुजरात और उदयपुर में आतंकी हमले की आंशका व्यक्त की है हमारे बांसवाडा संवाददाता ने बताया कि कल रात गुजरात पुलिस ने प्रदेश से लगती अंतर्राज्यीय सीमा को सील कर दिया है डूंगरपुर जिले से सटे रतनपुर बॉर्डर पर बनी गुजरात चौकी भी छावनी में तब्दील हो गई है यहां पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है राज्य सरकार की स्मार्ट विलेज योजना में अब मनरेगा के तहत पक्के निर्माण कार्य करवाये जा सकेंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसके लिये नई गाइड लाईन जारी की है परियोजना निदेशक के अनुसार स्मार्ट विलेज योजना के तहत गांवों में सड़कों का निर्माण स्क्रलों की चारदिवारी खेल मैदान और चारागाह विकास के काम करवाये जा सकेंगे साथ ही गांवों में मॉडल तालाबों को भी इसके अंतर्गत विकसित किया जायेगा कजली तीज का पर्व प्रदेशभर में कल परम्परागत रूप से मनाया गया इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखा और रात को चांद के दर्शन कर व्रत खोले बूंदी में इस अवसर पर तीज माता की सवारी निकाली गई जो शाही लवाजमें के साथ विभिन्न स्थानों से गुजरी

सवाईमाधोपुर के खनन क्षेत्र में जती की बावडी से आगे गड्डे में भरे पानी में ड्रंबने से चार लोगों की मौत हो गई

इसी बीच सीकर जिले के मंडवा गांव में बिडला धाम के पास कुंड में डूबने से दो किशोरों की मृत्यु हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि ये दोनो किशोर कृण्ड में नहाने आये थे डूंगरपुर जिले के मानकपुरा गांव में घर में मोबाईल चार्ज करते समय करंट लगने से एक बालिका की मौत हो गई वहीं आसपुर सडक मार्ग पर दो मोटरसाईकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश थमने के बाद हालात में सुधार हो रहा है प्रशासन राहत और बचाव कार्यो में लगा हुआ है

जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाये जाने के निर्देश दिये है उधर बारिश का दौर थमने से बांसवाडा के माही बजाज सागर बांध के चार गेट बंद कर दिये गये है

बाडमेर जिले में लनी नदी में पानी की आवक कम होने से बालोतरा जसोल मार्ग पर आज दोपहर बाद आवागमन फिर शुरू होने की संभावना है